मोदी अपील प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए देशभर के ग्राम प्रधानों और सरपंचों को पत्र लिखकर मानसून सीजन में अधिक से अधिक वर्षा जल को संग्रहित करने की अपील की है जिससे गर्मी के दौरान पैदा होने वाले जलसंकट से निपटा जा सके प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर वाले ये पत्र जिला कलेक्टर खुद गांव गांव जाकर मुखियाओं को दे रहे हैं एक आधिकारिक जानकारी के अनुसार पूर्वी उत्तरप्रदेश के छह सौ सैतीस ग्राम प्रधानों को ये पत्र सौंपे गये हैं इन पत्रों में श्री मोदी ने लिखा है कि बारिश के पानी के संग्रहण को लेकर ग्रामसभाओं में चर्चा की जाये सर्वदलीय बैठक केन्द्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है बैठक में संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग करने की अपील की जाएगीं इस सत्र में संसद में तीन तलाक विधेयक के अलावा केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षक कैडर आरक्षण विधेयक तथा आधार और अन्य संशोधन कानून से संबंधित विधेयक पेश किए जाएंगे

नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय कार्यदल के गठन की घोषणा की है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कल हुई नीति आयोग की शासी परिषद की पांचवी बैठक के बाद आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि इस कार्यदल का गठन शीघ्र कर दिया जाएगा और यह अगले दो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा बैठक में वर्षा जल संचय सूखे की स्थिति और राहत उपायों आकांक्षी जिलों और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों समेत कार्यसूची में शामिल कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई सरकार आपके द्वार देवास जिले के प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी ने जिले में आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की पहल की है श्री पटवारी ने जिला योजना समिति की बैठक में कल इस अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी दी उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी अभियान में शामिल होंगे तथा जिले के किसी एक ग्राम में पहुँचकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे और लोगों की समस्याओं का यथासंभव मौके पर ही निराकरण सुनिश्चित कराएंगे उन्होंने जन प्रतिनिधियों से भी अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया

इसमें योग प्रशिक्षित आम नागरिकों को योग स्वयंसेवकों के रूप में शामिल होने के लिये आमंत्रित किया गया है प्रदेश के सामान्य नागरिक भी आयुष विभाग के निकटतम चिकित्सालय महाविद्यालय एवं विभाग द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम में सहभागी बन सकते हैं योग स्वयंसेवक और संस्थाएँ अपने जिले के कलेक्टर जिला शिक्षाधिकारी जिला आयुष अधिकारी संभागीय आयुष अधिकारी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य नेहरू युवा केन्द्र से सम्पर्क कर कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं खण्डवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में भी योग दिवस की तैयारियां शुरू हो गई हैं यहां सुबह सात बजे से आठ बजे तक योग कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा वहीं कटनी में पांचवे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले के आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के साथ चर्चा का आयोजन किया गया

उन्होंने कहा है कि ज्यादा मरीजों की संभावना को ध्यान में रख कर व्यवस्थाएँ की जायें स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिलों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और अस्पतालों के सिविल सर्जन को व्यवस्थाओं संबंधी आवश्यक निर्देश ज़ारी कर दिये गये हैं उनसे कहा गया है कि अस्पतालों में ओपीडी की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में जरूरत होने पर संभागायुक्त कलेक्टर पुलिस अधीक्षक से भी सहयोग प्राप्त करें स्वास्थ्य आयुक्त ने इस संबंध में संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को भी ओपीडी की व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए कहा है

जिला प्रशासन एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित कलाकार सुहासिनी जोशी अपनी सांसकृतिक प्रस्तुति देंगीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर होंगे वहीं अध्यक्षता क्षेत्रीय सांसद विवेक नारायण शेजवलकर करेंगे मौसम प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है कल राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के ग्वालियर जबलपुर तथा उज्जैन संभागों के अनेक जिलों में वर्षा हुई साथ ही रीवा सागर इंदौर और होशंगाबाद संभागों के कुछ जिलों में बौछारें पड़ी

पन्ना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आज सुबह करीब आधे घंटे तक हुई मानसून पूर्व की पहली बारिश से लोगों को राहत मिली है मौसम विभाग ने आज छिंदवाड़ा जबलपुर मण्डला बालाघाट सहित अनेक जिलों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है किकेट आईसीसी क्रिकेट विश्वकप में आज बहुप्रतिक्षित भारत और पाकिस्तान का मुकाबला खेला जाएगा मैच भारतीय समयानुसार दोपहर तीन बजे मैनचेस्टर में शुरु होगा आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल दिन के ढाई बजे से डीटीएच हिंदी और अन्य मीटरों पर सुना जा सकेगा

तीरंदाजी नीदरलैंड में आयोजित विश्व तीरंदाजी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर की प्रतिभावान खिलाड़ी मुस्कान किरार ने टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश को गौरवान्वित किया है वूमेन कंपाउंड टीम इवेंट में भारत और टर्की के बीच खेले गए फायनल मुकाबले में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए मुस्कान किरार पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की ज्योति सुरेखा तथा पंजाब की खिलाड़ी राजकौर ने तीसरा स्थान प्राप्त कर कांस्य पदक अर्जित किया चाइनीस ताइपे पहले और यूएसए के खिलाड़ी दूसरे स्थान पर रहे खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने मुस्कान के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है

बीमारों में दस बच्चे भी शामिल है